प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जरिये लोगों से अपने विचार साझा कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंजीनियरिंग की प्रयोगशाला रहा है उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में इंजीनियरिंग डे के अवसर पर अभियंताओं से वर्तमान देश काल और परिस्थिति के अनुसार कार्य करने तथा परियोजनाएं तैयार करने के लिए कहा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बलात्कारियों को बर्दाश्त नहीं करेगा श्री मोदी ने राज्य की अदालतों का जिक करते हुए कहा है कि राजस्थान की कई अदालतों ने मासूम बालिकाओं के साथ हुए बलात्कार जैसे धिनौने कृत्य पर कम समय में अपराधियों को सजा दी है

इसलिये स्वस्थ रहने के लिए खेलना जरूरी है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर हॉकी के जादूगर ध्यानचन्द का भी स्मरण किया प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की शुरूआत में देशवासी को रक्षाबंधन संस्कृत दिवस और आने वाले पर्व जन्माष्टमी की बधाई भी दी

बहनें अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन ले रही हैं आज सुबह से ही बाजारों में राखी और मिठाइयों की दुकानों पर खरीददारों की भीड़ लगी हई है राजस्थान रोडवेज ने आज रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है प्रदेश भर की जेलों में बंद पुरूष कैदियों को उनकी बहनों ने जेलों में जाकर रक्षा सुत्र बांधे और शीघ्र रिहाई की कामना की राज्य भर से विभिन्न जिलों में हमारे संवाददाताओं ने रक्षाबंधन का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाने की खबर दी है

इस से पूर्व कल विभिन्न संगठनों द्वारा पुलिस आर्मी जवानों को राखी बांध कर रक्षाबंधन मनाया

प्रशासन ने कल देर रात दोनों समुदाय के लोगों से अलग अलग बैठकें ली

सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है कर्फ्यू के कारण आमजन को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परेशान होना पड़ रहा है

यह मेला एक महीने तक चलेगा हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मेले में राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश हरियाणा पंजाब से भी बड़ी तादात में श्रद्वालु हनुमानगढ़ पहुंच रहे है प्रशासन ने मेले के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए है प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए चाक चौबंद है

मौके से पुलिस ने जीप और मोबाईल फोन भी बरामद किया है आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए है

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

विभाग की ओर से एक राजधारा सर्वे एप तैयार कराया गया है जिसके माध्यम से प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों को निरीक्षण के दायरे में रखा गया है और यह नियंत्रण इस एप के माध्यम से जीपीएस सिस्टम के जरिए किया जाएगा